मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

वे कल शिमला के गेयटी में राज्य संस्कृत शिक्षा परिषद संस्कृत अकादमी और प्रदेश संस्कृत भारती के सहयोग से आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे परीक्षा जिला कांगड़ा में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान सामने आए फजीवाड़े के बाद प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को दोबारा लेने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इसके लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी गौरतलब है कि कांगड़ा में लिखित परीक्षा के दौरान बाहरी राज्यों के युवा किसी अन्य के स्थान पर फर्जी तौर पर परीक्षा देने पहुंचे थे जिन्हें विजिलेंस की टीम ने परीक्षा देने से पहले ही धर दबोचा था

किडनी ट्रांसप्लांट प्रदेश के लोगों को अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाहरी राज्यों का रूख नहीं करना पड़ेगा

आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने बताया कि जब तक आईजीएमसी के डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट में दक्ष नहीं हो जाते तब तक एम्स से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शिमला आती रहेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये सुविधा शुरू होने के बाद आईजीएमसी को बधाई दी है

पैंशनर हिम आंचल पैंशनर संघ हमीरपुर ज़िला इकाई की कल प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई बैठक में पैंशनरों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हरियाणा यूपी की एकेडमी से चल रहा था खेल तीन मुन्नाभाई समेत चार और गिरफ्तार पंजाब केसरी का शीर्षक है दोबारा होगी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी अतिरिक्त फीस दैनिक जागरण के मुताबिक राजस्थान तक पहुंची फर्जीवाड़े की आंच दैनिक भास्कर के शब्द हैं आरोपियों से मिली इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस लगीं बनियानें जिनसे करनी थी नकल दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े की जांच करेगी एसआईटी जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है नए सिरे से होगी परीक्षा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले उम्मीदवारों को नहीं देनी होगी अतिरिक्त फीस

आपका फैसला की एक खबर है आईजीएमसी में इतिहास सफल किडनी ट्रांसप्लांट

दैनिक भास्कर के शब्द हैं आईजीएमसी में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट दैनिक जागरण के अनुसार मां ने बेटे पिता ने बेटी को किडनी देकर दी जिंदगी संजौली महाविद्यालय के अध्यापक पहनेंगे वर्दी शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है शिक्षकों के लिए ड्रैस कोड लागू करने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज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

नमस्कार